संक्रमण का दर घट कर दो प्रतिशत से नीचे

गंगा नदी में उफान से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी

प्रदेश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग चौरासी प्रतिशत हो गयी है जो राष्ट्रीय औसत से आठ प्रतिशत अधिक है स्वस्थ होने की दर के मामले में बिहार देशभर में तीसरे स्थान पर है वहीं कोरोना संक्रमण की दर में भी लगातार गिरावट आ रही है संक्रमण का दर दो प्रतिशत से भी कम हो गया है यानि अब एक सौ नमूनों की जांच में दो से भी कम लोग संक्रमित मिल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में संक्रमण के एक हजार चार सौ चौवालीस नये मामले सामने आये हैं वहीं इसी अवधि में तीन हजार एक सौ नवासी लोग स्वस्थ भी हुये हैं पिछले दो दिनों में पटना के अलावा किसी अन्य जिले से एक सौ से अधिक केस नहीं मिले हैं स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्य में एक लाख चार हजार पांच सौ तिरपन लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि छह सौ चौवालीस लोगों की इस वैश्विक महामारी से मौत हुई है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या उन्नीस हजार छह सौ इक्यावन है अब तक पच्चीस लाख सत्तर हजार से अधिक नमूनों की जांच हो चुकी है राजधानी पटना में कोरोना के नये मामलों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है कल जिले में दो सौ बासठ मामले दर्ज किये गये एक सप्ताह पूर्व पटना में प्रति दिन औसतन पांच सौ मामले सामने आ रहे थे जिले में पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर उन्नीस हजार एक सौ बारह हो गयी है सोलह हजार तिहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं जबकि एक सौ चौबीस लोगों की मौत हुई है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में गुर्दे के रोगियों के लिए डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गयी है वहीं आज से अस्पताल में कोरोना के गम्भीर मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी भी शुरू होगी मैथिली के जानेमाने साहित्यकार पंचानन मिश्र की कोरोना से मौत हो गयी है उनका दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा था नई दिल्ली के सीताराम भरतीया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर अमर चंद बजाज ने कोविड संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया है

तब तक हमें जो प्रीक्योशनरी मेजर्स है वो फोलो करने हैं जहां जरूरत न हो उसमें घर से बिल्कल बाहर न निकले कोशिश करे कम से कम बाहर निकलना और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करीब दो मीटर दूर खडें रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खड़े रहें राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग शत प्रतिशत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नया आदेश जारी किया है आदेश में कहा गया है कि जिन सार्वजनिक वाहनों और दुकानों में मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है उन्हें बंद या जब्त करने की कार्रवाई की जाए गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि सभी जिला प्रशासन को सार्वजनिक स्थानों में मास्क के प्रयोग के लिए पूर्व में निर्गत आदेश का कड़ाई से पालन करवाने को कहा गया है साथ ही प्रशासन और पुलिस को सप्ताह में कम से कम दो दिन मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक जांच अभियान चलाने के भी निर्देश दिये गये हैं राज्य सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे वैसे छात्र छात्राओं को एक महीने के इंटर्नशिप की राशि के बराबर प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जो कोविड मरीजों के इलाज में लगे हैं स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों को साठ हजार रुपये और एमबीबीएस इंटर्न को पन्द्रह हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया कैबिनेट ने बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति दो हजार बीस को मंजूरी दे दी है इस नीति का उददेश्य कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और बाजार मुहैया कराना है इसके तहत सरकार कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए पन्द्रह से तीस प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी देगी अनुदान की अधिकतम सीमा पांच करोड़ रूपये तक निर्धारित की गयी है बैठक में बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति दो हजार बीस को भी स्वीकृति दी गयी इस नीति के तहत राज्य में लकड़ी आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा ऐसे उद्योगों को पौने दो करोड़ रूपये तक का अनुदान मिलेगा कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को सातवां वेतनमान देने से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की इसका लाभ एक जनवरी दो हजार छह या इसके बाद दो हजार ग्यारह के पूर्व नियुक्त कर्मियों को मिलेगा मंत्रिमंडल ने कुल उनचास प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रर्व मध्य रेलवे ने बीस जून से इक्कीस अगस्त तक की अवधि के बीच एक लाख अस्सी हजार मानव दिवस रोजगार का सुजन किया है मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि बत्तीस जिलों में चालीस योजनाओं पर काम हो रहा है उन्होंने बताया कि अब तक तीन सौ चौवालीस करोड़ रूपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात से जुड़े तेरह विदेशी सदस्यों की उस याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने राज्य की एक ही अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाये जाने का आग्रह किया है इन सभी लोगों पर वीजा नियमों के कथित उल्लंघन का राज्य की विभिन्न अदालतों में मामला चल रहा है मामले की अगली सुनवाई इकतीस अगस्त को होगी गंगा नदी में उफान से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और गम्भीर हो गयी है मूंगेर जिले के तटवर्ती क्षेत्रों के साथ साथ दियारा क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित हुये हैं और ब्यौरा हमारे संवाददाता से बाईट जिले के सदर प्रखंड के छह बरियारपुर के ग्यारह धरहरा के तीन और जमालपुर प्रखंड के तीन पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं हवेली खड़गपुर प्रखंड के कई गांव भी बाढ़ से प्रभावित हुये हैं मुंगेर शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है चंडिका स्थान शक्ति पीठ के गर्म गृह तक पानी फैल गया है इसके अलावा सदर प्रखंड के चिकदह बहियार शीतलपुर और दरियापुर चौर क्षेत्र में पानी का फैलाव होने से फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से श्रीकृष्ण प्रसाद खगड़िया जिले में गंगा का पानी नई क्षेत्रों में फैल रहा है गोगरी प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है जिससे लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं वहीं भागलपुर जिले का नाथनगर सबौर और सुल्तानगंज प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है कटिहार जिले में गंगा के साथ साथ महानंदा और बरंडी नदी का पानी नये इलाकों में फैलने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है महानंदा तटबंध के भीतर बसे दर्जनों गांव में नदी का पानी प्रवेश कर गया है वहीं जिले के प्राणपुर अमदाबाद समेली फलका कदवां बारसोई आजमनगर और बलरामपुर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है इधर गंडक नदी के जलस्तर में हो रहे उतार चढ़ाव से गोपालगंज जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है जिले के विश्म्भरपुर में गंडक नदी के उफान से विभिन्न स्थानों पर पन्द्रह स्टर्ड ट्रट गये हैं

जल संसाधन विभाग के अभियंता बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में जुटे हुये हैं इधर सारण जिले के दिघवारा प्रखंड मुख्यालय के निचले इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है साथ ही नयागांव और गरखा की ओर भी पानी का बहाव हो रहा है कई रास्तों पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है सीवान जिले में दाहा और सोन नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से जीरादेई प्रखंड क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हये हैं सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल नष्ट हो गयी है द्रसरी तरफ उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति सामान्य होने से जन जीवन पटरी पर लौट रहा है राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित अठारह जिलों में विद्यालय भवनों समेत अन्य आधारभूत संरचना को हुई क्षति की रिपोर्ट मांगी है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इस संबंध में सभी जिलों के प्रारंभिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है आदेश में कहा गया है कि क्षति का विस्तृत आकलन कर इसे एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराया जाये अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र अन्तर्गत उदाहाट के पास बकरा नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया है यह पुल पहले से ही खतरनाक घोषित था प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के समय पुल से कई वाहन गुजर रहे थे स्थानीय लोगों की मदद से सभी लोगों को बचा लिया गया मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश की सम्भावना जतायी है इस दौरान कई स्थानों पर वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गयी है लोगों से मौसम खराब रहने पर घर से नहीं निकलने और खेतों में काम नहीं करने की अपील की गयी है भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि वित्तीय वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में दो हजार रुपये मूल्य वर्ग के नोट का मुद्रण नहीं हुआ है अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कोन्द्रीय बैंक ने कहा कि अधिक मूल्य के इस नोट के घट रहे चलन को देखते हुये यह फैसला किया गया राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेरह और भारतीय पुलिस सेवा के सात अधिकारियों का तबादला किया है वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के पांच और बिहार पुलिस सेवा के संतानवे अधिकारियों का भी तबादला किया गया है बांका जिले के शम्भूगंज थाना क्षेत्र के घोघपूर गांव स्थित मंगिया बांध में नहाने के दौरान डूबने से चार बच्चियों की मौत हो गयी वहीं सारण जिले के भगवान बाजार में कबाड़ चुन रहे दो बच्चों की करंट लगने से मौत हो गयी सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने छह अपराधियों को गिरफ्तार कर छियालीस लाख रूपये बरामद किये हैं जमुई जिले के अलग अलग थानों क्षेत्रों से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने कैबिनेट के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है लकड़ी आधारित उद्योगों को पौने दो करोड़ रूपये तक अनुदान दैनिक जागरण की सुर्खी है रिजर्व बैंक की सालाना रिपोर्ट में कहा गया गरीबों पर कोरोना की सबसे अधिक मार दैनिक भास्कर लिखता है सुशांत केस में ड्रग एंगल घेरे में रिया नारकोटिक्स ब्यूरो करेगा जांच प्रभात खबर की सुर्खी है तेरह जिलों में नये डीडीसी दरभंगा और मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त बदले राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है पुलवामा आतंकी हमले में मसूद अजहर और उसका भाई था मास्टरमाइंड दैनिक आज की सुर्खी है हैदराबाद के नीलकंठ बने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर

संक्रमण का दर घट कर दो प्रतिशत से नीचे

गंगा नदी में उफान से प्रदेश में बाढ़ की स्थिति और बिगड़ी